नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पूरे देश से लगभग दो हजार विद्यार्थी माता पिता और शिक्षक भाग लेंगे आकाशवाणी व द्रदर्शन पर इस कार्यक्रमा का सीधा प्रसारण किया जाएगा पहली बार इस कार्यक्रम में देशभर के विद्यार्थी और विदेशों में रह रहे भारतीय विद्यार्थी भाग लेंगे पिछले वर्ष केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विद्यार्थियों को शामिल किया गया था विदेशी प्रतिभागियों में रूस नाइजीरिया ईरान नेपाल दोहा कुवैत सऊदी अरब और सिंगापुर शामिल हैं शिक्षक भत्ते केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों समकक्ष शैक्षिक संवर्ग रजिस्ट्रारों वित्त अधिकारियों परीक्षा नियंत्रकों के भत्तों और विशेष भत्तों में वृद्धि की गई है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी किया है यह आदेश केन्द्र वित्त पोषित समकक्ष विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा इस फैसले से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और साढ़े पांच हजार समकक्ष विश्वविद्यालयों के करीब तीस हज़ार शिक्षकों और समकक्ष कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा वीरभद्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को स्वाइन फ्लू हुआ है वे शिमला के आईजीएमसी मेडिकल कालेज में भर्ती उपचाराधीन है कांग्रेस के कई नेताओं ने कल अस्पताल जाकर उनक हालचाल पूछा वीरभद्र सिंह रविवार को स्वास्थ्य संबंधी पेरशानी के चलते आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती हुए थे जहां उनके स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है हालांकि तापमान में भारी गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और जनजातीय क्षेत्रों सहित राजधानी शिमला में भी इस बार तेज ठंड पड़ रही है पिछले छह दिनों से शिमला का पारा माइनस में रिकार्ड किया जा रहा है मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है विभाग के अनुसार पर्वतीय इलाकों में आज से दो फरवरी तक बर्फबारी का दौर चल सकता है

इधर बर्फबारी की संभावना के बीच शिमला पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए वाहन चालकों को ध्यानपूर्वक वाहन चलाने की हिदायत दी है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने ऊना में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयान को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है मोदी ने सैनिकों और कांग्रेस ने राहुल प्रियंका को दिया वन रैंक वन पेंशन पंजाब केसरी लिखता है कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका को दिया ओआरओपी दिव्य हिमाचल का शीर्षक है शाह का ओआरओपी अटैक दैनिक जागरण दैनिक सवेरा टाइम्स और आपका फैसला के लगभग एक जैसे शब्द हैं कांग्रेस के लिए ओरआरओपी का मतलब ओनली राहुल ओनली प्रियंका हिमाचल दस्तक का कहना है कांग्रेस के सफाए को देवभूमि से चले आंधी अजीत समाचार के मुताबिक देश को लीडर चाहिए डीलर नहीं दैनिक भास्कर ने खबर दी है राज्यसभा सांसद और अलकेमिस्ट ग्रुप के मालिक केडी सिंह की संपतियां ज़ब्त हिमाचल चंडीगढ़ मोहाली व पंचकुला में ईडी ने की कार्रवाई

दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है दो हिमाचलियों को अति विशिष्ट सेवा मेडल नैहरनपुखर के लेफटिनेंट जनरल जगदीप पांवटा के मेजर जनरल गजिंद्र को मिलेगा सम्मान

अमर उजाला की एक अन्य खबर है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस टिकट को आए चार आवेदन इसी समाचार पत्र के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी स्वाइन फ्लू की चपेट में मौसम पर दैनिक जागरण की सुर्खी है पांच जिलों में आज सतर्क रहें लोग आपका फैसला का कहना है हिमाचल की बर्फ से लकदक पहाड़ियों पर न जाएं पर्यटक अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय जानलेवा लापरवाही में प्रदेश में स्वाईन फ्लू के बढ़ते मामलों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इस बीमारी को गंभीरता से न लेने की मानसिकता जानलेवा साबित हो सकती है ऐसे में जरूरी है कि खतरे को भापंकर पहले ही उपाय कर लिए जाएं दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय पर्वतीय कसौटियों के पदमश्री में लिखा है कि एक साथ तीन पदमश्री हासिल करके हिमाचली हस्तियों ने राज्य के गौरव को परवान चढ़ाते हुए कर्म और कार्य संस्कृति की नई परिभाषा लिख डाली है